कल आईएएस नीरज के पवन ने हिंडौन पहुंचकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से चर्चा की वहीं बयाना के अड्डा गांव में होने वाली महापंचायत को देखते हुए कई गांवों में पुलिस का भारी जाब्ता आरएसी और आरपीएफ की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं बयाना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं प्रशासनिक अधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं शांति बनाए रखने के लिए न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है जो क्षेत्र पर निगरानी रख रहे है कलेक्टर और एसपी भी क्षेत्र का दौरा कर शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं

प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है सवाई माधोपुर जिला प्रशासन भी कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है इसके तहत इंटरनेट सेवाए बंद कर दी गई हैं साथ ही अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

इससे एसटीएससी वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा सकेगी गौरतलब है कि केन्द्र प्रवर्तित इस योजना में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा समान अनुपात में राशि वहन की जाएगी

कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी

इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों का सर्वागीण विकास होगा उन्होंने कहा कि स्वच्छ सशक्त आत्मनिर्भर भारत कैसे बने इसके लिए आईआईटी ने अपना गौरव बनाया है इससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया स्टार्ट अप व अन्य क्षेत्रों में भी छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा

उन्होंने कहा कि हमारी सावधानी ही हमें इस महामारी के प्रकोप से बचा सकती है श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश की कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि विश्व के जिन देशों ने मास्क को जीवनचर्या का हिस्सा बनाया वहां कोरोना संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं राज्य सरकार ने भी कोरोना नियंत्रण के लिए मास्क को अचूक उपाय मानते हुए जन आंदोलन छेड़ा है इसकी सफलता इस महामारी को रोकने में मददगार होगी उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे इस जन आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए निचले स्तर तक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें

इसी कड़ी में ध्रपद गायिका डॉ मध्य भट्ट तैलंग ने लोगों से कोरोना से बचाव के एतिहाती उपाय अपनाने की अपील की है

आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता शंकर लाल का संदेश

शोएब मूलतः ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले है शोएब ने बताया कि वे एम्स से एमबीबीएस करने के बाद कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर रिसर्च करना चाहते हैं

इस मौके पर मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही नौ दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं हालांकि जयपूर में प्रमुख शक्ति पीठ आमेर स्थित शिला माता का मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा उधर सीकर में जीण माता का मंदिर भी इस दौरान बंद रहेगा